मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है सूत्रों के अनुसार शिक्षा स्वास्थ्य और उद्योग सहित अन्य विमागों से जुड़े प्रस्तावों पर बैठक में चर्चा हो सकती है दौरा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग सोलन के धर्मपुर खंड में मस्तिष्क ज्वर की विस्तृत जानकारी के लिए सूचना शिक्षा व संप्रेषण दल आईईसी द्वारा विभिन्न गांवों का दौरा किया किया गया इन गांवों में मस्तिष्क ज्वर से ग्रसित रोगी पाए गए थे सोलन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरकेदरोच ने बताया कि इन टीमों ने लोगों को मस्तिष्क ज्वर की विस्तृत जानकारी दी साथ ही इस ज्वर के नए रोगी के संबंध में भी सूचना एकत्र की गई हालांकि कोई भी नया रोगी नहीं पाया गया है उन्होंने कहा कि कीट विज्ञान और महामारी विज्ञान के दल भी इस बीमारी के कारणों की जांच करेंगे दरोच ने बताया कि इस ज्वर को लेकर स्थिति नियंत्रण में है उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इस बीमारी से भयभीत न हो और ज्वर की स्थिति में समीप के चिकित्सा केंद्र से संपर्क करें उन्होंने लोगों से घरों के आसपास पानी एकत्र न होने देने की सलाह दी ताकि मच्छरों को पनपने का स्थान न मिले हाईकोर्ट प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांगजनों को आरक्षण नहीं दिए जाने पर उच्च न्यायालय के मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने विश्वविद्यालय के रजिस्टार से रिपोर्ट मांगी है दिव्यांगों के अधिकारों के लिए कार्य कर रही एक संस्था ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर दिव्यांगों को कानून के मुताबिक आरक्षण देने का आग्रह किया था मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार को मामले में उचित कार्रवाई कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है उपायुक्त ऊना जिले में लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके त्वरित निपटान के लिए अधिकारियों को मोबाईल नम्बर जारी किए गए हैं उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को आसानी से अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित बनाना है

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं जबकि जनजातीय जिले किन्नौर में रूक रूक कर वर्षा हो रही है चंबा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि जिले में बीती रात आंधी के साथ मुसलाघार बारिश हुई वहीं जिले के जड़ेरा इलाके में कल शाम आसमानी बिजली गिरने से दो छात्रों की मौत हो गई यह घटना तब घटी जब दोनों छात्र स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणा से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है थर्मोकोल के कप प्लेट पर लगेगा प्रतिबंध स्कूली बच्चों को मिलेगी स्टील की बोतलें पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल में थर्मोकोल के कप प्लेट पर पूर्ण प्रतिबंध दिव्य हिमाचल और दैनिक जागरण के लगभग एक जैसे शब्द हैं थर्मोकोल के गिलास प्लेटें बैन

हिमाचल दस्तक का कहना है बैन होगा थर्मोकोल अजीत समाचार के मुताबिक स्कूली बच्चों को सरकार की ओर से दी जाएगी स्टील की बोतल बादल फटने से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी की सुर्खी है रामपुर में बादल फटा भारी नुकसान अमर उजाला का शीर्षक है रामपुर में बादल फटा घर गौशालाएं मलबे में दबे बगीचे तबाह दिव्य हिमाचल ने लिखा है रामपुर के दरशाल में बादल फटा कई घरों को नुकसान आपका फैसला के शब्द हैं रामपुर ब्रशहर के मतेलनी व दरशाल में बादल फटने से भारी तबाही दैनिक भास्कर की एक खबर है दस से प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर होंगे दैनिक सवेरा टाइम्स शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के हवाले से लिखता है हिमाचल के कॉलेजों में लागू होगी वार्षिक परीक्षा प्रणाली इसी पत्र की एक अन्य खबर है जंगी थोपन पोवारी प्राजेक्ट आबंटन पर फैसला आज आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है मंडी के शाटाधार को ईको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा गुडिया मामले पर पंजाब केसरी लिखता है आरोपियों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में चलेगा ट्रायल जलसंकट में जयराम की मदद को उतरे मोदी शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है आज शिमला पहुंचेगी केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की दो अलग अलग उच्च स्तरीय टीमें एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय नाज है इनपर में पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाली संस्थाओं की सराहना की है दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय खेल राज्य की ओर में लिखा है कि राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर खेल का बेहतर माहौल बने